हरियाणा को अन्त्योदय सरल परियोजना में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के साथ बेहतर नागरिक सेवा देने के लिए राष्ट्रीय प्रस्कार के लिए च्ना गया

अम्बाला शहर के बस अड्डे का नामकरण स्वर्गीय श्रीमती स्षमा स्वराज के नाम पर किया जायेगा

उन्होंने बताया कि हरियाणा के गठन से लेकर आज तक के इतिहास में पहली बार सहायक प्रोफेसर के एक साथ इतने पदों को मंजूरी दी गई है

उन्होंने बताया कि रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती की जायेगी हरियाणा को अंत्योदय सरल परियोजना में प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर नागरिकों को पारदर्शिता के साथ सेवा देने के लिए नागरिक केन्द्रित वितरण में उतकृष्टता की श्रेणी में स्वर्ण प्रस्कार के लिये चुना गया है

मुख्मयंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को बधाई देते हये कहा कि यह हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है कि राज्य सरकार की ई शासन सम्बधी पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाने की प्रतिबदवता के साथ जिला करनाल के गांव म्ंडीगढ़ी और जिला जींद के बिरोली मे उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है एक सरकारी प्रवकता ने बताया कि इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए सहायक स्टाफ की स्वीकृति प्रदान की गई है उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस आश्य के एक प्रसताव को स्वीकृति दे दी है प्रवक्ता ने बताया कि उप स्वास्थ्य केन्द्र लालप्रा मुंडीगढी की द्री आठ किलोमीटर है उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत ने उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए निश्ल्क भूमि देने की सहमति जताई है हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने आज हरियाणा राजभवन में डॉ बी आर अम्बेडकर नैशनल लाफ य्निवर्सिटी राई का वार्षिक कैलेंडर जारी किया

कैलेड़र के माध्यम से सरकार के इन दोनों कार्यक्रमों का संदेश आमजन तक पहंचाने का प्रयास किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपना विचार सांझा करेंगे

इस बार यह कार्यक्रम शाम छ बजे प्रसारित किया जायेगा

एक टवीट में श्री मोदी ने लोगों को उन विषयों पर अपने विचार सांझा करने के लिए आंमत्रित किया है जिनकों प्रधानमंत्री दवारा मन की बात कार्यक्रम में सम्बोधित किया जाना चाहिए

इस अवसर पर देश में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये एक टवीट में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सुभाष चन्द्र बोस सर्वाधिक प्रिय राष्ट्रीय नायकों में से एक है और नेता जी का साहस और देशभक्ति को प्रेरित करती है उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् ने नेता जी को उनकी जंयती पर श्रद्वाजंलि अर्पित की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत हमेशा नेता जी स्भाष चन्द्र बोस को उनकी बहाद्री और उप निवेशवाद के खिलाफ उनके अमिट योगदान के लिए आभारी रहेगा

गृहमंत्री ने बताया कि इस मूर्ति को जिस शिप्लकार ने बनाया है वह पदम भूषण प्रस्कार से सम्मानित है और उसने ही विश्व की सबसे बड़ी वल्ल्भ भाई पटेल की मूर्ति बनाने का कार्य किया है हरियाणा में भी आज नेता जी स्भाष चन्द्र बोस की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

श्री यादव ने य्वाओं को इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर आगे आने और नशे से बच कर रहने का आहवान किया

नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती के अवसर पर हरियाणा योग सोसायटी द्वारा आज पलवल के गीता भवन में जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी व प्रतियोगिता के संयोजन हेमदत्त ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य य्वाओं को योग के प्रति जागरूक करना है

हरियाणा सरकार ने अम्बाला शहर के बस अड्डे का नामकरण पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय स्षमा स्वराज के नाम पर करने का निर्णय लिया है हरियाणा के परिवहन मंत्री मुल चंद शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस आश्य के एक प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान कर दी है उन्होंने बताया कि अम्बाला शहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक असीम गोयल ने एक पत्र के माध्यम से इस बस अड्डे का नाम श्रीमती स्षमा स्वराज के नाम पर रखने का आग्रह किया है श्री मूल चंद शर्मा ने बताया कि श्रीमती स्षमा स्वराज देश की प्रख्यात राजनीतिज्ञ थी जो अम्बाला शहर से सम्बध रखती थी

यम्नानगर के जगाधरी में नौवीं कक्षा के छात्र ईशान शर्मा को कल राष्ट्रपति भवन दिल्ली में आयोजित समारोह मे राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने बाल शक्ति प्रस्कार देकर सम्मानित किया है शहर के एक निजी स्कूल मे पढ़ने वाले ईशान शर्मा ने गत ज्लाई में रूसी य्वती तितवा एलन की मदद की थी जब इस य्वती को पंचकूला से जगाधरी लेकर आया य्वक दीपक क्मार इस य्वती से एक लाख चालीस हजार छ सौ दो डालर व मोबाइल फोन लेकर भाग गया था इस बच्चे के प्रयास से ही आरोपी भी पकड़े गये थे

हरियाणा प्लिस के प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मतलौडा निवासी संदी खारिया के निशान दौलतप्र के अमरदास और भैणी के बादशाहपुर के अजय के रूप में हुई है